केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित पटना और भागलपूर के नवगछिया का किया दौरा

और पूरे प्रदेश में दूर्गा पूजा की धूम

प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों इलाकों की स्थिति गंभीर बनी हुयी है पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर कटिहार नालंदा नवादा बेगूसराय समस्तीपुर खगड़िया मुंगेर जहानाबाद अरवल और लखीसराय जिले की बाईस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक कम से कम नब्बे लोगों की मौत हो चुकी है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पच्चीस टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये छप्पन राहत शिविर और तीन सौ छियासठ सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है इधर पटना में पुनपुन नदी का पानी कई नये इलाकों में प्रवेश कर गया है इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पटना जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है खगड़िया और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रभावितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद राहत शिविर से लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं बिहार में भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिये केन्द्रीय टीम बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों का दौरा कर रही है टीम के सदस्यों ने आज पटना और भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया टीम के सदस्यों ने पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों और जिले में प्रनपुन नदी के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया टीम का संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में बैठक करने का भी कार्यक्रम है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव जी रमेश क्मार के नेतृत्व में टीम ने कल भी पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों का दौरा किया था कल भी यह टीम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली लौट जायेगी प्रनपून नदी के जलस्तर में गिरावट आने लगी है केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर है पिछले चौबीस घंटों में जलस्तर में इकसठ सेंटीमीटर की कमी आयी है आयोग के अनुसार कल सुबह आठ बजे तक नदी के जलस्तर में तिरपन सेंटीमीटर कमी आने की संभावना है नदी का जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से कम हो रहा है इधर गंगा नदी का जलस्तर अभी भी पटना से कहलगांव तक खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है हालांकि जलस्तर में अब गिरावट आने लगी है सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से मात्र दस सेंटीमीटर ऊपर रह गया है वहीं बागमती नदी रून्नीसैदपुर में ब्रढ़ी गंडक खगड़िया में अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में तथा परमान नदी अररिया में लाल निशान से ऊपर बनी हुयी है रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने से पटना गया तथा बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर आज लगातार तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बाधित है इस मार्ग की ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है बड़ी संख्या में सवारी गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है कल भी पटना रांची जनशताब्दी पटना रांची एक्सप्रेस पूर्णिया कोर्ट हटिया कोसी एक्सप्रेस पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस और पटना धनबाद दामोदर गंगा एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा पटना के राजेंद्रनगर बाजार समिति सैदप्र गोलारोड पाटलिपूत्र कॉलोनी और दानापूर के क्छ इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति बनी हयी है शेष अन्य हिस्सों से पानी निकाल दिया गया है हालांकि मुख्य सड़क से मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी भी जलजमाव है इन क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया और डायरिया के मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है पटना के पीएमसीएच में अब तक सात सौ से अधिक डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुयी है निजी क्लीनिकों में भी डेंगू के मरीज भर्ती हैं स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाया है जहां लोगों की निःशुल्क जांच की जा रही है और उनके बीच दवा का वितरण किया जा रहा है केंद्रीय चिकित्सकों और कर्मियों की आठ टीम की तैनाती प्रभावित इलाकों में की गयी है जलजमाव वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी करवायी जा रही है प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी राहत सामग्रियों का वितरण करवाया जा रहा है इधर पश्चिमी पटना और दानापुर में जल निकासी को लेकर नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होने अधिकारियों को जल्द से जल्द जल निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया बाढ़ और राहत कार्य को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये प्रभावित लोगों द्वारा पटना जहानाबाद अरवल भागलपुर और खगड़िया समेत अन्य हिस्सों से हंगामे की खबर सामने आ रही है इधर भागलपुर में नाथनगर इलाके में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये अनुमंडल पदाधिकारी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया इस दौरान अधिकारी के सुरक्षा गार्ड से भी हाथपाई की गयी नवरात्र को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है बारिश जलजमाव और बाढ़ के बावजूद श्रद्धालु भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं एक रिपोर्ट साउंड बाईट शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का पट खुल गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि दुर्गा पूजा को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है पंडालों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है पटना में देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों की तर्ज पर पंडालों को सजाया गया है डाकबंगला चौराहा पर कर्नाटक के श्रीकांतेश्वर मंदिर बोरिंग रोड में बेलूर मठ बोरिंग कैनाल रोड में हिमगिरी चौराहा जगदेव पथ में बौद्ध स्तूप और गोला रोड में कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल की तर्ज पर पंडाल बनाये गये हैं यारपुर के गौरिया मठ में चंद्रयान टू की शक्ल में पंडाल को अंतिम रूप दिया गया है इधर प्रशासन ने लोगों की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं सभी चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है शिवहर में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी पुलिस अधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है ये सभी शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से सविता पारिक पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर महानंदा नदी में हुई नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों के शव आज मालदा जिले के चंचल इलाके से बरामद किये गए मालदा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बचाव दल नाव पर सवार अन्य लोगों का पता लगाने में लगे हैं उन्होंने बताया कि इस द्र्घटना में घायल नौ लोगों को मालदा के एक अस्पताल में दाखिल किया गया है मुजफ्फरपूर जिले के गोबरसाही स्थित एक बैंक से अपराधियों ने आठ लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि लगभग छह की संख्या में आये हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया उन्होने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है विख्यात गणितज्ञ और वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं उन्हें पटना के पीएमसीएच में आईसीयू में भर्ती कराया गया है श्री सिंह भोजपुर जिले के रहने वाले हैं पूर्वी चंपारण जिले के लोक अभियोजक जयप्रकाश मिश्रा को स्थानीय अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुयी सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी मुंगेर और भागलपुर में दो दो जबकि भोजपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है बेगूसराय जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी वैशाली जिले के करताहां थाना क्षेत्र में पानी भरने के दौरान गहरे कुएं में गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि बेगूसराय जिले में डूबने की अलग अलग घटनाओं में तीन बच्चों की मौत की खबर है कैमूर जिले के द्र्गावती और कुदरा थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग और पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

अब तक नब्बे लोगों की हुयी मौत केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित पटना और भागलपूर के नवगछिया का किया दौरा

और पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा की धूम पंडालों का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़